साथ ही जनता दरबार में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं

चमोली के औली में नव वर्ष मनाने के लिए देशी विदेशी पर्यटक पहंचे

श्री मोदी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से कारोबार की आसानी के पायदान पर देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व् ने संज्ञान लिया है

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अट्ट संबंध रहा है देशवासियों को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माघी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं

मुख्यमंत्री जनता दरबार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोईवाला क्षेत्र के लच्छीवाला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आम लोगों के द्वार तक जाना होगा न कि जनता को सरकार के पास आना पड़े आज मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में जनता दरबार लगाया

मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों को दूरदराज के क्षेत्रों में शिविर लगाकर अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि टेक्नॉलजी और नेटवर्किंग के जरिये दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए श्री रावत ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र में शुरू किया गया सीपैट यानी कम्बाइन्ड प्री आयुष टेस्ट निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा लगभग चार हजार छात्र छात्राएं हर साल यहां से पढ़ कर निकलेंगे उन्होंने बताया कि डोईवाला क्षेत्र में तहसील के लिए भी भूमि आवंटित कर दी गई है साथ ही तीन सौ बेड का जच्चा बच्चा अस्पताल का शिलान्यास जनवरी में डोईवाला में किया जाएगा श्री रावत ने जानकारी दी कि थानो अस्पताल को एम्स ऋषिकेश को सौंपा जा रहा है टिहरी किसान टिहरी जिले में कीर्तिनगर विकासखंड के रंगोली तल्ली गांव के किसान बुद्धि सिंह नेगी ने बंजर पड़ी जमीन को फूलों की खेती से आबाद कर अपने साथी किसानों के बीच मिसाल पेश की है दिल्ली में नौकरी करने वाले बुद्धि सिंह ने रिवर्स माइग्रेशन किया गांव की मिट्टी उन्हें वापस खींच लाई उन्होंने गांव में बरसों से बंजर पड़े अपने खेत में गेंदे की खेती की उनका कहना है कि पारंपरिक खेती को जंगली जानवर अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं जबकि फूलों की खेती को न तो बंदर न ही दूसरे जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं इसके साथ ही अन्य फसलों की तुलना में फूलों की खेती में आठ से दस गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है गांव के पूर्व प्रधान तेज सिंह भंडारी का कहना है कि दूसरे किसान भी बुद्धि सिंह के कार्य से प्रेरणा ले रहे हैं और फूलों की खेती को अपना रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला और बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए राज्य में जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए सचिव गृह और सचिव न्याय को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देवभूमि में भी इस तरह की घटनाए हो रही हैं भारतीय संसद में नाबालिग बच्चों से यौन अपराध के मामलों में अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है नये वर्ष में राज्य में इस तरह के मामलों में जल्द सजा देने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएगी औली नववर्ष चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध स्कींइग स्थल औली में इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ रहा है यहां नववर्ष मनाने के लिये बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस विभाग को पर्यटन स्थलों पर पैनी नजर रखते हए रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने पुलिस को होटलों और रेस्टोरेंटों में निगरानी रखने और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर जगह जगह जमा पाला साफ करवाकर यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिये इसके साथ ही उन्होंने बर्फ हटाने के लिये स्नो कटर मशीन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा उन्होंने गढ़वाल मण्डल विकास निगम और रोपवे के प्रबन्धक को खराब पड़ी रोपवे जल्द ठीक कराने को कहा उन्होंने औली में स्लोप स्नो मेकिंग मशीन का भी निरीक्षण किया और प्रस्तावित शीतकालीन खेलों के आयोजन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये दायित्व फेरबदल राज्य सरकार ने शनिवार को कई आईएएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया है पौड़ी पिथौरागढ़ और चंपावत में नए जिलाधिकारी तैनात किये गये हैं सचिवालय में भी कई अधिकारियों के दायित्व बदल दिये गये हैं नगर निगम देहरादून के आयुक्त विजय जोगदंडे को पिथौरागढ़ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है जबकि धीरज सिंह गर्ब्याल पौड़ी के नये जिलाधिकारी होंगे शासन में अपर सचिव रहे रणवीर सिंह चौहान को चंपावत का जिलाधिकारी बनाया गया है

इनमें आठ जनपदों के पुलिस कप्तान और क्माऊं के डीआईजी भी शामिल हैं गढ़वाल के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय रौतेला की पदोन्नति कर उन्हें गढ़वाल मंडल का महानिरीक्षक बना दिया गया है दस आईपीएस अफसरों का तबादला पदोन्नति की वजह से किया गया है नैनीताल हरिद्वार ऊधमसिंहनगर अल्मोड़ा पौड़ी जिलों में नये एसएसपी की तैनाती की गई है मौसम राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है नये साल के आरंभ में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले पांच दिनों में राज्य के पर्वतीय हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं अगले चौबीस घंटों में राज्य के मैदानी इलाकों में शीत लहर की चेतावनी भी जारी की गई है

जबकि पंतनगर में न्यूनतम तापमान एक दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस मुक्तेश्वर में तीन दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और नई टिहरी में तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इस लिहाज से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है